उन्होंने कहा गांव और किसान बजट के हैं केन्द्र बिंद् केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल पहला डिजिटल केन्द्रीय बजट किया पेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय बजट को विकासोन्मुखी बताया

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ इकहत्तर नये मामले आये सामने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आम बजट से उद्योग निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहत सकारात्मक बदलाव होंगे श्री मोदी ने कल अपने सम्बोधन में बजट को ऐतिहासिक बताया

इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है आज के बजट में आत्मनिर्मरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है हम इस बजट में जिन सिद्वांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों नई संभावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना मानव संसाधन को एक नया आयाम देना इन्फ्रास्ट्रक्वर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना आध्वनिकता की तरफ आगे बढ़ना नए सुधार लाना

ये बजट इनडिविज्युअल्प इनवेस्टर्स इनडस्ट्री और साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्वर सैक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा उन्होंने कहा कि किसानों को अब और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा देश की मण्डियां भी मजबूत होंगी देश में एग्रीकल्वर सेक्टर को मजबूती देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है कई प्रावधान किए गए हैं एप्रीकल्वर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा देश की मंडियों को यानि एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए सशक्त करने के लिए एप्रीकल्वर इंफ्रास्ट्रक्वर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है हमारे किसान हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कल वित्त वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का डिजिटल बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं कीं बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के विश्वास की अभिव्यक्ति है जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूरा भरोसा है बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम किसानों की आय दोगुनी करने मजबूत बुनियादी ढांचा स्वस्थ भारत सुशासन यूवाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है वित्तमंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है इसके लिए पांच लाख चौवन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है जो दो हजार बीस इक्कीस के बजट अनुमान से चौंतीस दशमलव पांच प्रतिशत अधिक है पचहत्तर वर्ष से ऊपर आय के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है आत्मनिर्भर भारत के लिए तेरह क्षेत्रों को विनिर्माण में वैश्विक चैम्पियन बनाने के उद्देश्य से बजट में उत्पादन से जूड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई घोषित की गई है वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए रेल योजना दो हजार तीस तैयार की है बजट में तीन नई रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं वित्तमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है अगले तीन वर्षो में सौ से अधिक जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ा जायेगा स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जायेगा बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए तीन क्षेत्रों निवारक उपचारात्मक सुधारात्मक और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्मर स्वस्थ भारत योजना चौंसठ हजार एक सौ अस्सी करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ छ वर्ष के लिए शुरू की जाएगी

उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष दो हजार इक्कीस से दो हजार छब्बीस तक एक लाख इकतालीस हजार छः सौ अठहत्तर करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा श्रीमती सीतारामन ने पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्व रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की इसके अन्तर्गत बीस वर्ष प्राने व्यक्तिगत और पन्द्रह वर्ष प्राने वाणिज्यिक वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस केन्द्रो में फिटनेस जांच करानी होगी वित्तमंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जायेगा अब तक इसे केवल पांच राज्यों में दिया जा रहा है इससे प्रति वर्ष पचास हजार से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी बजट में कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के लिए पैंतीस हजार करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं तथा आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

पश्पालन डेरी और मछली उद्योग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्याान केन्द्रित किया जायेगा ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन तीस हजार करोड़ से बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रूपये करने की भी घोषणा की गई है कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई नैम के साथ एक हजार और मंडियों को एकीकृत करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट न केवल आम लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करेगा बल्कि यह देश को मजबूत और ख्शहाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने अपने टवीट में ऐतिहासिक व्यावहारिक और विकासोन्युखी बजट पेश करने के लिए केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन को बधाई दी है श्री योगी ने कहा कि यह बजट निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक की वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को रोजगार व्यापार और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बजट बताया अपने टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर जोर दिया गया है बजट में किये गये प्रावधानों से किसानों को आसानी से और अधिक ऋण मिल सकेगा बजट में देश की मंडियों को भी सशक्त बनाने के लिये प्रावधान किये गये हैं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने वाला हर वर्ग का ख्याल रखने वाला अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने वाला है प्रदेश में सभी वर्गो ने बजट का स्वागत किया है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने बजट को अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बताया बजट में किसी नए कर का प्रावधान न करने की सराहना की गयी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे